देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का भी किया शुभारम्भ

उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस वे क्षेत्र के जन जीवन को न सिर्फ़ नये आयाम देगा बल्कि यहां रोजगार के अनेक अवसर भी सूजित होंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा मे कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गये हैं

एमएसपी का डेढ़ गुना करने का फैसला हो स्वायल हेल्थ कार्ड हो यूरिया की शत प्रतिशत निम्न कोटिंग हो दशकों से अध्ररी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान हो हर स्तर पर सरकार ने काम किया किसानों की आय बढ़ाने की अहम यात्रा का आज भी एक अहम पड़ाव है इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने से इस क्षेत्र में विकास को नई ऊँचाईयां मिलेंगी उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के युवकों को रोजगार के अवसर भो मिलेंगे बाइट चित्रकूट में ब्रन्देलखंड एक्सपेस वे के बनने के साथ ही जहां डिफेंस कॉरिडोर और यहां पर बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर मूंग दलने का तो काम करेगी ही यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी साथ साथ यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगी प्रदेश सरकार द्वारा बनाये जाने वाला यह एक्सप्रेस वे चित्रकूट बांदा हमीरपुर और जालौन ज़िलों से होकर गुजरेगा

इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सत्ताईस हज़ार सहायक उपकरण वितरित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिव्यांगों वरिष्ठजनों निर्धनों और वंचितों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं और उनके जीवन को आसान और आरामदेह बनाने के लिये कई काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के कौशल को निखारने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं बाइट दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्यल प्रदेश के ग्वायलियर में एक स्पोऔर्ट सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है इस सेंटर में ट्रेनिंग सलेक्शवन पढ़ाई लिखाई रिसर्च मेडिकल सुविधाएं यानि नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए उनकी सुविधा हमारे दिव्यां गजनों को यहां दी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकार लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशील नहीं थी लोगों को अपना काम कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन यह भी व्यर्थ होता था उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में दिव्यांगों के लिए नौ हजार शिविर आयोजित किए गए हैं और नौ सौ करोड रुपये मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत सभी हवाई अड्डों सात सौ रेलगाडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज संस्थान भी बनाया गया है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 दो लाख से ज्यादा दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा च्रका है और पांच लाख से ज्याादा दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है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 बैंकिंग क्षेत्र में इनके लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं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

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक सौ अड़तालीस नकल माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है तथा उन्तीस विद्यालयों के खिलाफ डिबार और प्रत्याहरण की कार्रवाई की गई है इसके अलावा बोर्ड परीक्षाआ में नकल को व्यवसाय बनाने वाले सभी माफियाओं के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने के लिये इस बार लगभग दो लाख सीसी टीवी कैमरे परीक्षा केन्द्रों में लगाये गये हैं साथ ही परीक्षा कक्षों में एक लाख अट्ठासी हजार कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और राम मंदिर निर्माण से संबंधित ट्रस्ट के गठन के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण की रूपरेखा आकार लेने लगी है

इसके बाद श्री मिश्र ने राम मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ट्रस्ट के सदस्यों सहित अन्य जिम्मेदार लोगों से बातचीत की इस दौरान ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण को चरणबद्व तरीके से पूरा करने के लिये विभिन्न पहलूओं पर विचार विमर्श जारी है म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट और उनकी पत्नी डाउ चो चो ने आज विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा में प्रेम के प्रतीक ताजमहल का दीदार किया दोनों ने ताजमहल परिसर में डायना बेंच पर बैठ कर तस्वीरें खिंचवाई और संगमरमर से बनी हुई इस इमारत के सौन्दर्य की जमकर सराहना भी की इस दौरान श्री मिंट ने गाइड से ताजमहल के इतिहास तथा कला के बारे में जानकारी ली श्री मिंट और श्रीमती चो चा ताजमहल परिसर में करीब एक घंटा बिताने क बाद खेरिया एयरपोर्ट से रवाना हो गये केन्द्र सरकार अगले साल मार्च तक लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्तियां भरने की योजना बना रही हैं इस सिलसिले में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बृजराज शर्मा ने कल केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की उन्होंने कहा कि गैर तकनीकी पदों के अलावा राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर चरणबद्ध ढंग से भर्ती की जाएगी